पांच लाख का इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर उदेश गंझू ने हथियार के साथ चतरा पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण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

किसानों के प्रतिनिधियों और उच्चस्तरीय मंत्रालय समिति के बीच आज नई दिल्लीं में बैठक हुई क्रषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश ने किसान प्रतिनिधियों से बातचीत की इस समिति और किसान प्रतिनिधियों के बीच अब अगली बैठक तीन दिसंबर को होगी केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से धरना समाप्त करने की अपील की है राज्य में आज से धान खरीद की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गयी है राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने बताया कि वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए धान खरीद के लिए समर्थन मूल्य एक हजार आठ सौ अड़सठ रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया है जबकि राज्य सरकार द्वारा एक सौ बियासी रुपये प्रति क्विटल बोनस भी दिया जाएगा इस प्रकार दो हजार पचास रुपये प्रति प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी उन्होंने बताया कि इस वर्ष अच्छी बारिश के कारण धान की अच्छी खेती हुई है और यह उम्मीद की जा रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में धान की अधिक खरीद हो सकेगी इस संबंध में कृषि मंत्री बादल ने बताया कि धान खरीद को लेकर आवश्यक राशि सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है

राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ सड़सठ नए संक्रमित मिले इसी के साथ राज्य में अब तक मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख नौ हजार एक सौ इक्यावन पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ अड्डासी लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों र्से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ कोरोना से स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख छह हजार एक सौ इकहतर पहंच गई है झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानबे दशमलव दो छह प्रतिशत पहुंच गई है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो हजार सोलह रह गई है पष्चिमी सिंहभूम जिले के उपायक्त अरवा राजकमल ने कोरोना काल में स्कूल बंद रहने के घर में रह रहे बच्चों के लिए डिजिटल माध्यम से पढ़ाई की समुचित व्यवस्था का निर्देष दिया है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड ईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देषक पीएस मिश्रा ने शिष्टाचार मुलाकात की

विश्व एड़स दिवस पर आज राजधानी रांची के झारखंड स्टेट ऐड़स कंट्रोल सोसायटी के सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता ने एचआईवी संकमण के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जन जागरूकता से इस बीमारी से बचा जा सकता है कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखंड स्टेट ऐऐड्स कंट्रोल सोसायटी के चेयरमैन राजीव रंजन ने बताया कि राज्य में इसकी रोकथाम के कई उपाय किए जा रहे हैं उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में रिथति किस प्रकार बेहतर हो रही है इस अवसर पर पीपल लिर्विंग विद एचआईवी सोसायटी के सदस्यों ने भी इस बीमारी के अपने अनुभव साझा किया कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने इस बीमारी से लड़ने वाली योद्वाओं को सम्मानित भी किया पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा है कि देश में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस के अधिक उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी जिसके परिणामस्वरूप आयात पर होने वाली लागत और आयात निर्भरता कम होगी श्री प्रधान ने कहा कि एम एन जी एल के पास एक सौ सी एन जी स्टेशनों का नेटवर्क है उन्होंने कहा कि सरकार की योजना देश में एक हजार एलएनजी स्टेशन स्थापित करने की है जिसके लिए अगले तीन वर्षो में दस हजार करोड़ रुपये निवेश किया जायेगा राज्य कृषि पश्पालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने छत्तीसगढ़ दौरे के कम में रायप्र में आज वहां के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से उनके आवास जाकर मुलाकात की इस मौके पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने अपने राज्य में कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी बाद में कृषि मंत्री बादल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सीखने को बहत कुछ है जल्द ही वह झारखंड से अपने विभाग के अधिकारियों की एक टीम छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल के अध्ययन के लिए रायपुर भेजेंगे चतरा में सक्रिय प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के विरुद्व पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सख्त नक्सल विरोधी अभियान से घबराए पांच लाख का इनामी सब जोनल कमांडर उदेश गंझु उर्फ सुकुल ने अमेरिकन मेड सेमी राइफल और डेढ़ सौ कारतूस के साथ आज पूलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया मौके पर पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत उसे इनाम की राशि का चेक भी सौंपा पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुख्यधारा में शामिल हो रहे सब जोनल कमांडर के बच्चों की शिक्षा समेत सरकारी नीति के तहत अन्य योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द इनके परिजनों को दिया जाएगा दूसरी ओर नक्सली सब जोनल कमांडर उदेश ने कहा की नक्सली अब अपने उद्देश्य र्स भटक चुके हैं बहला फु्सलाकर अपने संगठन में शामिल करा लेते हैं लेकिन बाद में इन नक्सलियों की जिंदगी तबाह हो जाती है एक बार संगठन में शामिल होने के बाद या तो पुलिस की गोलियों के शिकार होना पड़ता है या फिर दर दर भटकने को विवश रहते हैं

सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्था ना ने स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हए देश को आश्वासन दिया कि बीएसएफ पाकिस्तान की नापाक घ्सपैठ रोकने के लिए हमेशा तैयार है उन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान जान गंवाने वाले जवानों के परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यबक्त की

इस मौके पर उपायुक्त ने लंबे समय से अनाधिकृत रूप से गायब रहने वाले शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देष दिया देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले में एयरपोर्ट निर्माण कार्य के प्रगति में तेजी लाने का निर्देष दिया राज्य के गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र में पदस्थापित एक हवलदार की हदयाघात के कारण मौत हो गयी